मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज भुंतर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोगों को घाटी से बाहर निकालने के लिए वायु सेना के हैलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोकसर में दो सौ जबकि बारालाचा में तीन सौ के करीब लोग फंसे हए हैं

जयराम ठाक्र ने अवरूद्व सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने और विद्युत व पेयजल आपूर्ति को जल्द बहाल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राहत व बचाव कार्य के लिए सेना के हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाने पर केन्द्र सरकार का आभार जताया गोविन्द सिंह कल्लू जिले में पिछले तीन दिन हई भारी वर्षा से करोड़ों रूपये की सम्पति का नुकसान हआ है वन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकर ने कल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हए बताया कि पहले चरण के आकलन के मुताबिक जिले में एक सौ करोड़ से अधिक की सम्पति के नुकसान का अनुमान है जबकि इसके बढ़ने की संभावनाए हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और सरकारी व निजी भूमि में भारी भूस्खलन हुआ है गोविन्द ठाकुर ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को पेयजल विद्युत सहित सड़कों व पुलों को बहाल करने के निर्देश दे दिए गए हैं

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना जिले में सभी विभागों के अधिकारियों को वर्षा से हुए नुकसान का आकलन कर इसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने अवरूद्व सड़कों को खोलने और पेयजल व विद्युत आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश भी दिए अंत्योदय दिवस स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आज देश भर में अन्त्योदय दिवस मनाया जा रहा है

अन्त्योदय दिवस के दौरान प्रत्येक स्वच्छाग्रही से स्वच्छाग्रहियों का दल बनाने को कहा जाएगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक दल अपने गांव में खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में काम करेंगे

इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा जीवन सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का अनुपम उदाहरण है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अंत्योदय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है संजय कुंडु प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष के अध्यक्ष संजय कुंडू ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि इस कक्ष के स्थापित होने से विभिन्न विभागों के कार्यो में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्ता में सुधार होगा उन्होंने सोलन शहर में बिजली व पानी से संबंधित विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कार्यो में सुधार लाने की बात कही

उन्होंने नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को इस संबंधी दिशानिर्देश दिए पंचायत चुनाव हमीरपुर जिला के सुजानपुर पंचायत समिति चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है कांग्रेस समर्थित सपना कुमारी ने भाजपा की पूनम डोगरा को अध्यक्ष पद जबकि प्रीतम चंद ने अनिल कुमार को हरा कर उपाध्यक्ष पद हासिल किया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही स्थानीय विधायक राजेन्द्र राणा के समर्थक माने जाते हैं राजेन्द्र राणा ने कहा कि सुजानपुर के लोग लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी है और विधानसभा चुनाव के बाद अब पंचायत समिति चुनाव में भी जनता की ईमानदारी की जीत हुई है संगीत उत्सव प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में कल से शिमला शास्त्रीय संगीत उत्सव का आयोजन करेगा विभाग के निदेशक राकेश कुमार कोरला ने बताया कि पांच दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे उन्होंने बताया कि इसमें देश के विख्यात शास्त्रीय संगीतकारों सहित प्रदेश के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे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

नमस्कार